जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन में हमीरपुर ज़िले के जवान रोहिन कुमार शहीद सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

विभाग आबंटन प्रदेश में नये मंत्रियों को विभाग आबंटित कर दिए गए हैं और कुछ के विभागों में फेरबदल किया गया है वित्त सामान्य प्रशासन गृह लोक निर्माण पर्यटन योजना आबकारी व कराधान विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास रहेंगे जबकि महेन्द्र सिंह ठाकुर के विभाग में कोई फेरबदल नहीं किया गया है सुरेश भारद्वाज को शहरी विकास टीसीपी हाऊसिंग संसदीय कार्य व कानून मंत्री बनाया गया है सरवीण चौधरी अब सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री होंगी रामलाल मारकंडा के पास तकनीकी शिक्षा जनजातीय विकास सूचना प्रौद्योगिकी व जन शिकायत निवारण विभाग रहेंगे वीरेन्द्र कंवर को कृषि विभाग की अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपी गई है उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह को परिवहन विभाग का भी कार्यभार सौंपा गया है गोबिंद ठाकुर अब शिक्षा भाषा कला व संस्कृति मंत्री जबकि राजीव सैजल स्वास्थ्य मंत्री होंगे सुखराम चौधरी को ऊर्जा मंत्रालय जबकि राकेश पठानिया को वन युवा सेवाएं व खेल मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई है इसी तरह राजेन्द्र गर्ग के पास खाद्य नागरिक आपूर्ति व प्रिटिंग व स्टेशनरी विभाग रहेंगे

पूर्णबंदी हटाने के तीसरे चरण यानी अनलॉक थ्री में चरणबद्व तरीके से कुछ और गतिविधियों की अनुमति दे दी गयी है इस बीच राज्य सरकार ने अनलॉक थ्री के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं

हिमाचल में सरकार ने अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया है दूसरे राज्यों में टैक्सी सेवा जारी रहेगी लेकिन इसके लिए पंजीकरण करवाना होगा सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया है लेकिन इसके लिए भाषा कला व संस्कृति विभाग एसओपी जारी करेगा

बुजुर्गो और बच्चों को फिर से घर में रहने की सलाह दी गई है वन मंत्री वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय कांगड़ा जिले में स्थापित किया जाएगा पालमपुर में आज वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार से भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक्सिलेंस सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स बनाना भी उनकी प्राथमिकता है पठानिया ने बताया कि प्रदेश में युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा शहीद जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में हिमाचल के रोहिन कुमार शहीद हो गए हैं वे हमीरपुर ज़िले में नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ खास गांव के निवासी थे उनका पार्थिव शरीर आज दोपहर बाद उनके पैतृक गांव लाया गया जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोहिन कुमार की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है इधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर समेत अन्य नेताओं ने भी रोहिन कुमार के शहीद होने पर शोक व्यक्त करते हुए परिजनों से गहरी संवेदना जताई है मांग भगवान रघुनाथ जी के प्रमुख छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा पर्व की तैयारियों के चलते प्रशासन से ढालपुर मैदान की दशा सुधारने का काम जल्द शुरू करने की मांग की है कुल्लू में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि देव महाकुम्भ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की परम्परा नहीं ट्रटेगी और कोरोना नियमों का पालन कर भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा होगी उन्होंने कहा कि ओडिशा में जगन्नाथपुरी रथयात्रा की तर्ज पर ही ये परम्परा निभाई जाएगी निरीक्षण प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने आज ऊना ज़िले में मैहतपुर बैरियर का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए

सोलन ज़िले के धर्मपुर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जीर्णोद्वार पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि ज़िला व राज्यस्तरीय अस्पतालों पर मरीज़ों का अधिक बोझ न पड़े राजीव सैजल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के पदों को भी जल्द भरा जाएगा

इस दौरान उन्होंने जनसमस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर निपटारा भी किया

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड मृत्यु दर घटकर दो दशमलव एक पांच प्रतिशत रह गई है

कंटेनमेंट जोन कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद हमीरपुर उपमण्डल की बजूरी और नादौन की जलाड़ी पंचायत में एक एक वॉर्ड कंटेनमेंट जोन बनाया गया है इसके अलावा ऊना ज़िले में अंब उपमंडल की खरोह और ठठल पंचायतों को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उधर भोरंज तहसील की झरलोग पंचायत के उपरला झरलोग और बिझड़ी के वार्ड नम्बर दो के कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर हो गए हैं भूस्खलन सिरमौर ज़िले में भूस्खलन के चलते पांवटा साहिब शिलाई मार्ग यातायात के लिए एक बार फिर अवरूद्व हो गया है

विधायक हर्षवर्धन चौहान ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है ताकि मार्ग बार बार बाधित न हो मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है

कुछ क्षेत्रों में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से अभी भी सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है हालांकि आज दिन के समय राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने और धूप खिलने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के दौरान वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है